प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दौड़ का उद्घाटन करेंगे

लौह प्रूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती कल देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के केवड़िया में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेंगे देशभर में लाखों लोग इस दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे हमारे संवाददाता अमन दीप ने बताया कि प्रधानमंत्री केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और एकता दिवस दौड़ में भी शामिल होंगे बाईट प्रधानमंत्री मोदी यहां प्रातरू आठ बजे पहुंचने के पश्चात सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उसके बाद एकता दिवस परेड का प्रारंभ होगा जिसमें प्रत्येक राज्य की एक पुलिस की ट्कड़ी शामिल की गई है फिर इस टेक्नॉलोजी डेमोसेशन साइट का उद्घाटन व निरीक्षण किया जायेगा

इधर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लौह पुरूष की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया जायेगा एकता दिवस का मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है वर्ष दो हजार चौदह से सरदार पटेल की जयंती प्रति वर्ष एकता दिवस के रूप में मनायी जाती है पटना में यह दौड़ सुबह सात बजे राजभवन गोलम्बर से शुरू होगी और राजधानी वाटिका तक जायेगी एकता दिवस के अवसर पर कई संगोष्ठियों और परिचर्चाओं का भी आयोजन किया गया है जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि झारखंड और दिल्ली विधानसभा चूनाव पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित जदयू की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हये श्री कुमार ने कहा कि बिहार और अरूणाचल प्रदेश में पार्टी बेहतर स्थिति में है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन दो राज्यों में अकेले ही पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी संवाददाताओं को जानकारी देते हुये पार्टी महासचिव के सी त्यागी ने कहा कि बैठक में श्री कुमार ने लगातार दूसरी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली श्री कुमार अपने दूसरे कार्यकाल में वर्ष दो हजार बाईस तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री त्यागी ने कहा है कि अगर केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है तो पार्टी केन्द्र सरकार में शामिल होगी लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरूआत कल नहाय खाय के साथ होगी शुक्रवार को खरना शनिवार को शाम का अर्घ्य और रविवार को प्रातकालीन अर्घ्य होगा छठ को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत की जा रही है घाटों की सफाई भी यूद्वस्तर पर जारी है छठ घाटों पर रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही बैरिकेडिंग भी की जा रही है घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में छठ घाटों का निरीक्षण किया पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया है कि इस बार एक सौ एक घाटों पर अर्घ्य देने की व्यवस्था की गयी है इनमें बानवे घाटों पर चिकित्सा दल मौजूद रहेंगे जिलाधिकारी ने कहा कि बाईस घाटों को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है और इनकी लाल निशान के साथ बैरिकेडिंग की गयी है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती का फैसला किया गया है छठ के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंडाधिकारियों और पूलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न नदियों नहरों और तालाबों के किनारे छठ घाटों को बनाने का काम तेजी से हो रहा है हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि प्रशासन ने छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है

सूप दउरा मिट्टी के च्रल्हे आम की लकड़ी और फल सहित अन्य सामग्रियों से बाजार सज गये हैं पटना में बिस्कोमान की ओर से रियायती दर पर सेब और नारियल की बिक्री की व्यवस्था की गयी है यहां सेब पचहत्तर रूपये प्रति किलो और नारियल पच्चीस रूपये प्रति नग की दर से उपलब्ध है राज्य पथ परिवहन निगम ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना एयर पोर्ट से वैशाली मुजफ्फरपुर और छपरा के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली मुम्बई समेत अन्य शहरों से आने वाले श्रद्दालुओं को अपने घरों तक जाने में परेशानी न हो इसलिए छपरा और मुफ्फरपुर के लिए तीन तीन बसों का परिचालन किया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मानक से अधिक नमी होने के बावजूद धान की खरीद की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य के एकसठ धान क्रय केन्द्रों पर ड्रायर मशीन लगायी गयी है जिसके जरिये किसानों के धान सुखाकर खरीद की जायेगी श्री मोदी ने बताया कि किसानों को इस वर्ष पिछली बार से पैंसठ रुपये अधिक की दर से प्रति क्विंटल अठारह सौ पन्द्रह रुपये भूगतान किया जायेगा उन्होंने कहा कि धान खरीद के अड़तालीस घंटों के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जायेगा श्री मोदी आज सहकारिता खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ पन्द्रह नवंबर से प्रारंभ होने वाली धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि तीस नवम्बर के पहले धान की कुटाई के लिए चावल मिलों को पैक्सों से सम्बद्ध करने का निर्देश दिया गया है मगही पान को जीआई टैग मिलने से उत्साहित राज्य सरकार पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोड मैप को प्रदेश के सत्रह जिलों में क्रियान्वित करेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में शेड नेट में पान की खेती के लिए नवादा नालंदा गया और मुधबनी के साथ ही दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बेगूसराय समेत कई जिलों में विशेष कार्य योजना लागू की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन पान अनुसंधान केन्द्र और इस्लामपुर में पान ऑयल डिस्टीलेशन इकाई की स्थापना की जायेगी लोकसभा सांसद रवि किशन ने भोजपूरी सिनेमा उद्योग की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष में ग्यारह लाख रूपये की राशि दी है उन्होंने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आज इस राशि का चेक सौंपा भागलपुर जिले के गोराडीह अन्तर्गत सोनूडीह में पोखर में स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गयी वहीं पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अन्तर्गत राणाबिगहा गांव में स्नान करने के दौरान ड्रबने से एक बच्चे की मौत हो गयी जबकि दो बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया इधर मुंगेर जिले के महमदा पाटम में नदी में स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गयी भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के अंभो गांव के पास सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गयी वहीं शेखपुरा में चार अलग अलग स्थानों पर सड़क द्र्घटना में एक यूवक की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य घायल हो गए इधर बेगूसराय जिले के खुदावंदपुर थाना क्षेत्र के मेघौल हनुमान चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से एक यूवक की मौत हो गयी पटना के शास्त्री नगर इलाके में गैस पाईप लाईन में आग लगने से अफरा तफरी मंच गयी अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचक आग पर काबू पाया जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के बटिया मोड़ के पास अपराधियों ने एक निजी गैस एजेंसी के दो कर्मचारियों से पचास हजार रूपये लूट लिये कटिहार पुलिस ने पिछले दिनों फलका थाना क्षेत्र में हुये लूटकांड का खुलासा कर दिया है पूलिस ने मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लूटी गयी राशि में से दो लाख रूपये बरामद किये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दौड़ का उद्घाटन करेंगे

और लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ कल शुरू होगा